मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण सचिव डीसेंथिल पाण्डियन और मुंबई की एक कंपनी के बीच एमओय हस्ताक्षरित किया गया इस दौरान बताया गया कि रुद्रपुर में स्थापित मक्का से स्टार्च बनाने वाली भारत की यह सबसे बड़ी यूनिट होगी

साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निवेशकों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जायेगा

इस मौके पर श्री कौशिक ने कहा कि योजना के पहले चरण में राज्य के पांच लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और आगे भी क्रमबद्ध तरीके से छूट गए परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति छूट गए हैं उन्हें राज्य सरकार रसोई गैस उपलब्ध कराएगी वही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाएं उत्साहित नजर आयी

उधमसिंह नगर जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मिल रही सुविधाओं से गर्भवती महिलाएं और उनके परिजन खूश हैं रुद्रपुर में रहने वाली नीलम बताती हैं कि अस्पताल से ही उन्हें इस योजना की जानकारी मिली थी इस ्योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है ताकि मां और शिशु को कुपोषण से बचाया जा सके और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सके

स्वस्थ महिलाएं देश के स्वस्थ भविष्य की नींव रखती हैं जो महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण गर्भावस्था में पोषक आहार और स्वास्थ्य जांच से वंचित रह जाती हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वरदान से कम नहीं है

इन प्रस्तावों में सोलर पैनल निर्माण उत्तराखण्ड के जलाशयों और डैम में सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाने पिरूल आधारित गैसिफिकेशन यूनिट के निर्माण लघ् जल विद्युत और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबधित निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं इससे हजारों लोगों को रोजगार के ै अवसर उपलब्ध होंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निवेशकों का उत्तराखण्ड में स्वागत किया उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप ने भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रूपये के निवेश पर सहमति जतायी है

मौसम विभाग के मुताबिक कल कहीं कहीं विशेषकर देहरादून उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में भारी से बहत भारी बारिश की संभावना है

वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्मय वर्षा हो सकती है स्लग मुख्यमंत्री स्वच्छता मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है

मुख्यमंत्री ने देहराद्न में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान किया इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वच्छता ही सेवा अभियान में भागीदारी करने के साथ ही घर मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने का प्रयास करने की अपील की

आज के ड्रिल में भारतीय जवानों ने चौक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गुपचुप तरीके से आने वाले आतंकी को मार गिराया वहीं अमेरिकी सैनिको ने अपने तरीके से गाड़ियों को चौक करने का तरीका साझा किया भारतीय सैनिकों ने कार्ड काप्टर के उपयोग के बारे में बताया कि कैसे गांवों में छिपे आतंकियों को कार्ड काप्टर की सहायता से ढूंढा जा सकता है दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए स्लग राज्यपाल प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि राज्य के पर्यटन स्थलों और ट्रैकिंग मार्गों को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है साथ ही पर्यटकों और पर्वतारोहियों को जागरूक किया जाना जरूरी है उन्होंने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म की राज्य में बड़ी संभावनाएं हैं